आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर इसका प्रसारण किया जाएगा

आकाशवाणी द्रदर्शन समाचार प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी ये कार्यक्रम सीधा प्रसारित होगा केन्द्र सरकार ने कल से राष्ट्रव्यापी पूर्णबंदी खोलने के पहले चरण की घोषणा कर दी है लॉकडाउन का चौथा चरण आज समाप्त हो रहा है राज्य सरकारों और केन्द्रशासित प्रदेशों के प्रशासन द्वारा निर्धारित कंटेनमेंट जोन को छोड़कर देश के बाकी क्षेत्रों में कल से लॉकडाउन खोलने का पहला चरण शुरु होगा ग्रीन और ओरेंज जोन में सुबह पांच बजे से रात नौ बजे तक कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति होगी

कल से राज्यों में और राज्यों के बीच आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन राज्य सरकारों को इस संबंध में नियम बनाने की छूट होगी

गृह मंत्रालय ने प्रत्येक व्यक्ति को अपने मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह भी दी है

इनमें अधिकांश संक्रमित व्यक्ति दूसरे राज्यों से हिमाचल वापिस आए हैं

प्रदेश के अधिकांश भागों में आज घने बादल छाए हुए हैं वहीं किन्नौर शिमला सहित प्रदेश के कुछ भागों में वर्षा हो रही है जनजातीय क्षेत्र लाहौल स्पिर्ति के उंचाई वाले क्षेत्रों में कल रात हल्की बर्फबारी व कांगड़ा क्ल्ल शिमला सहित प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में बारिश हई मक्की की बिजाई के लिए ये बारिश अच्छी मानी जा रही है

अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने कोरोना मामलों से जुड़ी खबरों को प्रमुखता दी है

हिमाचल दस्तक की एक खबर है संजय कुंडू ने संभाला डीजीपी का पद एसआर मरड़ी रिटायर वहीं दैनिक भास्कर डीजीपी कुंड् के हवाले से लिखता है ड्रग तस्करी और माइनिंग पर नकेल कसना ही प्राथमिकता अध्यक्ष से पहले बनाया जाएगा भाजपा कार्यकारी अध्यक्ष शीर्षक से आपका फैसला लिखता है हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का नया सरदार कौन होगा जोरों से चल रही चर्चा इसी अखबार की एक अन्य सुर्खी है रिटायरमेंट के दिन जमानत पर रिहा हुए पूर्व स्वास्थ्य निदेशक डॉ अजय गुप्ता